आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की साठवी कड़ी में श्रोताओं से अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दशक में भारत की प्रगति और विकास में इक्कीसवीं सदी में र्पैदा हुए नौजवानों का भरपूर योगदान रहेगा उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र आज अपने युवाओं की बदौलत नई ऊंचाइयां छने की प्रतीक्षा कर रहा है प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नए दशक में युवाओं की सामूहिक शक्ति से देश का और विकास होगा श्री मोदी ने कहा कि जेन नेक्स के नाम से पहचानी जाने वाली हमारी नौजवान पीढी भारत के आधनिकीकरण में अहम भूमिका निभाएगी श्री मोदी ने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को अराजकता से नफरत है और ँवह अव्यवस्था तथा अस्थिरता को भी बर्दाश्त नहीं करती जब कमी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं हमारे नौजवान साहसपर्वक उसके खिलाफ खडे होकर सही बात मनवा लेते हैं प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में हिमायत नाम के कौशल विकास कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके अंतर्गत पिछले दो सालों में अठारह हजार नौजवानों को सत्रह अलग अलग व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि हर नागरिक के लिए आत्म निर्भर बनना और गरिमामय जीवन जीना बहत जरूरी है उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे स्वदेशी की भावना को अपनाकर स्थानीय रूप से बने उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दें ताकि इससे स्थानीय लोगों के जीवन में खुशहाली आए कम से कम ये दो तीन साल हम स्थानीय उत्पाद खरीदने के आग्रही बनें

और ये काम सरकारी नहीं होना चाहिए स्थान स्थान पर नौजवान आगे आएं छोटे छोटे संगठन बनायें लोगों को प्रेरित करें समझाएं और तय करें आओ हम लोकल खरीदेंगे प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश में फूलपुर की महिलाओं का उदाहरण दिया जिन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाकर चप्पल बनाने का काम शुरू किया और बाद में ग्रामीण आजीविका मिशन की सहायता से चप्पल बनाने वाली इकाई स्थापित की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय को दोगुना करने के संकल्प में किसान उत्पादक संगठनों और बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है श्री योगी ने कहा कि किसान उत्पादक संगठन बेहतर विपणन के माध्यम से किसानों के उत्पादों को बाजार में अच्छा दाम दिला सकते हैं मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय किसान उत्पादक संगठनों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कृषि उत्पादक संगठनों को सम्मानित भी किया गया प्रदेशमर से आए किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन वर्ष पहले तक प्रदेश में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार चार सौ रुपए था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बढ़ाकर एक हजार आठ सौ पैंतीस रुपए किया उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने धान खरीद केंद्रों पर किसानों के खातों में सीधे भूगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जिससे किसानों को लाभ हुआ मुख्यमंत्री ने किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अधिक से अधिक किसान उत्पादक संगठनों के गठन पर बल दिया कार्यक्रम को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी संबोधित किया आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचारों की नई श्रृंखला जानना जरूरी है में हम आज रूबरू हैं नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैले एक और भ्रम तथा उसकी वास्तविकता से नागरिकता संशोधन कानन का यह अर्थ कतई नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैरकाननी रूप से भारत आए मुस्लिम अप्रवासियों को वापस भेजा जाएगा बल्कि असलियत यह है कि नागरिकता कानून का किसी भी विदेशी को भारत से बाहर भेजने से कोई लेना देना नहीं है किसी भी विदेशी नागरिक को देश से बाहर भेजने चाहे वह किसी भी धर्म या देश का हो की प्रकिया फॉरेनर्स एक्ट उन्नीस सौ छियालीस और पासपोर्ट एक्ट उन्नीस सौ बीस के तहत संचालित होती है पूरा प्रदेश भी ाण ठंड की चपेट में है

गोरखपुर वाराणसी बस्ती सिद्धार्थनगर सॉहित पूर्वांचल के अधिकांश हिस्सों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर नीचे है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे नहीं सोना चाहिए उन्होंने रैनबसेरों में आवश्यक सुविधाए उपलब्ध कराने और अलाव की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं